कल नई दिल्ली में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नदियों को जोड़ने की पांच परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए गये हैं

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बताया कि यह शोक सभा सर्वदलीय होगी और सभी राजनीतिक दलों के अलावा धार्मिक व सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे

लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

कुलपति प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सिकंदर कुमार ने कल विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों के वार्डन और मुख्य छात्रपाल के साथ छात्रावासों में सुरक्षा व सफाई व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की उन्होंने कहा कि छात्रावासों से सम्बंधित समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा कुलपति ने नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए सिकंदर कुमार ने सभी छात्र संगठनों से विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने की भी अपील की किसान रैली सोलन जिला के चकौता धारकों ने कल सोलन में एक रैली निकाली जिसमें जिले के हजारों लघु किसानों ने भाग लिया सोलन से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिन किसानों के पास जमीन नही थी उन्हें सरकार ने चकौता के माध्यम से जमीन दी मगर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया

बाद में किसानों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं बीते कल राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में मुसलाधार वर्षा हुई मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण लिखता है मनाली में बनेगा अटल पार्क रिज पर स्थापित होगी मूर्ति अमर उजाला और पंजाब केसरी की एक जैसी सुर्खी है रिज पर लगेगी अटल की प्रतिमा मनाली में बनेगा स्मारक दिव्या हिमाचल ने शीर्षक दिया है अटल के नाम पर दो परियोजनाएं रोहतांग सुरंग कोल डैम प्रोजेक्ट को मिलेगा वाजपेयी का नाम ड्रग माफिया को रोकने के लिये पंचकूला में होगा पांच राज्यों का को ऑर्डिनेशन सेक्रेटेरियेट शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है उत्तर भारत में बढ़ते नशे से निपटने के लिये चंडीगढ़ में बनाई रणनीति इसी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है नशे के खिलाफ हिमाचल समेत सात राज्यों का एलान ए जंग जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक नशाखोरी पर प्रहार को साझा रणनीति बनाएंगे छह राज्य

अजीत समाचार व हिमाचल दस्तक का शीर्षक है पूरा देश अपनाएगा हिमाचल विधानसभा की ई विधान प्रणाली

लाखों कर्मियों व पेंशनरों को अंतरिम राहत इसी माह से खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है दो लाख कर्मचारियों को चार फीसदी आईआर राज्य सरकार ने अधिसूचना की जारी मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ी खबर को अजीत समाचार व दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है वीरभद्र सिंह के बेटे को मिली जमानत

टीसीपी नियमों में ढील देकर अवैध भवन मालिकों को राहत दे सकती है सरकार पंजाब केसरी की एक खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय नशे का नाश में सरकार द्वारा नशे के खिलाफ उठाए गए कदम की सराहना करते हुए सामाजिक संगठनों से भी इस बुराई को खत्म करने के लिये आगे आने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में प्रदेश में पर्यटन की आड़ में पहुंच रहे नशीले पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने के लिये सरकार के साथ साथ लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत बताई है शीर्षक है पर्यटन का फैलता जोखिम